इसके लिए उम्मीदवार अब घर घर जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं ब्रंदी में आज मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया वहीं जालौर में भी मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले थे और सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे हादसे में चार लोग घायल हुए हैं सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मृतकों के परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त की है

यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना संकट के इस दौर में भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश होगा जिसकी वृद्धि दर दहाई अंक में होगी इस अनुमान ने एक बार फिर भारत को सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है इस महीने की शुरूआत में कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा था कि भारत ने कोरोना और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए वास्तव में बहत ठोस कदम उठाए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से आज स्वच्छता एक संकल्प विषय पर वेबिनार आयोजित की गई वेबिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केन्द्र के निदेशक डॉ राजेश क्मार शर्मा अपने विचार व्यक्त किए प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच तेज सर्दी का असर जारी है कई स्थानों पर शीतलहर और घने कोहरे से जन जीवन प्रभावित है मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान माइनस तीन डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया